प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी दलों से कहा है कि वह भारत की सशक्त सेनाओं के शौर्य और साहस पर प्रश्न उठाने का सिलसिला बन्द करें

उन्होंने कहा कि समूचा देश आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी सशस्त्र सेवाओं पर गर्व करना चाहिए उन्होंने कहा कि आतंकी शिविरों पर हाल के हवाई हमले के समय यदि भारत के पास रफाल विमान होते तो इसका परिणाम और भी सकारात्मक और प्रभावी होता श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के आम नागरिकों के कल्याण के लिए दृढ़संकल्पित है और इस दिशा में अनेक उपाय कर रही है आयुष्मान भारत योजना का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि यह दूनियां का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यकम है जिससे आम लोगों को राहत दी जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत शांति के प्रति वचनबद्ध है लेकिन अगर जरूरत हुई तो वह पूरी शक्ति के साथ अपनी संभ्रुत्ता की रक्षा करेगा श्री कोविंद कोयम्बटूर के करीब सुलूर में आज सुबह एक कार्यकम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सशस्त्र सनाएं देश की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं और वायुसेना ने साहस और समर्पण भावना का प्रदर्शन करते हुए यह सिद्ध करक दिखा भी दिया है राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय वायुसेना व्यापक रूप से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है उन्होंने मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में आगे रहने के लिए वायू सेना की प्रशंसा भी की

इन परियोजनाओं में ज़िले के विभिन्न मंदिरों का सौन्दर्यीकरण पेयजल पाईप लाईन सहित सात परियोजनाएं शामिल हैं इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र की संकल्पना के आधार पर अनेक जनकल्याणकारी काम किये हैं उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और रीतियों से प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है श्री योगी ने लोगों से आहवान किया कि केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचायें ताकि कोन्द्र में नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में पुनः सरकार बन सके इस अवसर पर सांसद पंकज चौधरी सहित पार्टी के कई विधायक और भाजपा नेता मौजूद थे इन नेताओं ने जनपद के विकास के संबंध में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा बैंक खाता खोलने और मोबाइल सिम लेने के लिए आधार को पहचान पत्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गयी है लेकिन इसका इस्तेमाल स्वैच्छिक होगा यानी बैंक या मोबाइल कंपनियां किसी व्यक्ति को आधार देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति ने इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है लोकसभा से इस सम्बन्ध में विधेयक पारित होने लेकिन राज्यसभा की मंजरी न मिलने के कारण अध्यादेश लाना ज़रूरी हो गया था पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल ने आधार और दो अन्य कानूनों में प्रस्तावित बदलाव लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजरी दी थी इन संशोधनों में आधार के उपयोग के निर्धारित नियमों और निजता के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है अध्यादेश में आधार अधिनियम से सम्बन्धित संशोधनों को प्रभावी बनाया गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज में इसके समापन की औपचारिक घोषणा करेंगे आज महाशिवरात्रि के अवसर पर कुंभ का अंतिम स्नान था इस दौरान लाखों श्रद्वालुओं ने संगम तट पर पवित्र ड्रबकी लगाई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से मेला क्षेत्र में तड़के शुरू हुआ स्नान का सिलसिला देर शाम तक जारी है विभिन्न घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालु अभी भी संगम में पुण्य डुबकी लगा रहे हैं आज कुंभ का आखिरी स्नान होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है स्नान के बाद लोग विभिन्न शिव मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मनकामेश्वर सोमेश्वर और नाग वासुकी सहित शहर के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में इस अवसर पर विशेष इंतजाम किये गये हैं शहर के मुख्य चौराहों पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए चार सौ से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ एक पैंटून पुलों को छोड़कर बाकी सभी पर भारी वाहनों का यातायात बंद है पहली बार इस कुंभ में दर्शन के लिए खुले अक्षय वट और सरस्वती कूप में भी आज श्रद्वालुओं का प्रवेश बंद रखा गया है

प्रदेश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर श्रद्धालु शिव मंदिरों में जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं धार्मिक नगरी वाराणसी में इस पावन पर्व के अवसर पर प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर सहित नगर के प्रमुख शिवालयों में पूजन दर्शन के लिए शहर आस पास के जनपदों और कई प्रान्तों से आये शिव भक्तों की भारी भीड़ है हर हर महादेव के जयघोष से पूरी काशी शिवमय है श्रद्वालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर ज़िला प्रशासन ने मंदिर परिक्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किये हैं दिव्यांग और वृद्ध श्रद्वालुओं के दर्शन पूजन के लिए अलग से व्यवस्था की गयी है उधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मन्दिर में भगवान शिव का रूद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मठ मन्दिर में सूबह आरती के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिये गये जहां शिव आराधना करने वालों की अब भी भीड़ है सम्पूर्ण मंदिर को पीले वस्त्रों और पीले फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है शहर के बुद्धेश्वर मंदिर में लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी आराधना कर रहे हैं बलरामपुर में झारखंडी मंदिर सहित जनपद के प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक और पूजन दर्शन का कम जारी है वहीं ज़िले से सटी भारत नेपाल सीमा पर स्थित विभूतिनाथ मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं वहीं अमरोहा में वासदेव तीर्थस्थल पर कॉवड़ियों की भारी भीड़ है जबकि गजरौला और हसनपुर सहित ज़िले के अन्य शिव मन्दिरों में पूजन दर्शन का सिलसिला जारी है जौनपुर सहित कई ज़िलों में महाशिवरात्रि के अवसर पर मेलों का आयोजन भी किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्रनाथ पाण्डेय ने कहा है कि केन्द्र और भाजपा शासित राज्य सरकारें किसानों और समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर ग़रीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में कई योजनाएं संचालित की गयी हैं डॉक्टर पाण्डेय कल बस्ती में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाये गये प्रेक्षागृह का लोकार्पण और उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने लोगों का आहवान किया कि वह अपने अपने इलाकों में भाजपा सरकार के जरिये किसानों और आम नागरिकों के फायदे के लिए किये गये कामों को प्रचारित कर इस प्रेक्षागृह का निर्माण स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी की सांसद विकास निधि से कराया गया है कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र शुक्ल और विधायक संजय जायसवाल भी माजूद थे